सभी जरूरतमंदों को सरकार जमीन देगी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

आम आदमी पार्टी के तीन सांसदों संजय सिंह सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को आज राज्यसभा की कार्यवाही बाधित करने पर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तीनों सदस्य क्रषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गए सभापति ने बार बार उन्हे अपने स्थान पर जाने और चर्चा जारी रखे जाने का आग्रह किया लेकिन वे लगातार नारे लगाते रहे इसके बाद सभापति ने तीनों सांसदों को सदन से बाहर जाने को कहा लेकिन उन्होंने इसकी अनदेखी की इस पर सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई कार्यवाही फिर शुरू होने पर ये सदस्य सदन में मौजूद रहे इस पर सभापति ने मार्शलों को बुलाकर उन्हें सदन से बाहर करा दिया केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगातार कमी आई है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अब कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रहेगा सभी जरूरतमंदों को सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो प्रखंड के सेरेंगसिया में शहीद दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य के सभी भूमिहीनों को सरकार पट्टा देगी ताकि किसी भी व्यक्ति को जमीन से वंचित नहीं रहना पड़े इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित खेल मैदान का भी उदघाटन किया सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल डैम में इको टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा पर्यटन विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए राज्य पर्यटन विभाग के निर्देशक ए दोड्डे ने चांडिल डैम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया उन्होंने कहा कि इको दूरिज्म कार्यक्रम के दौरान आने वाले पर्यटकों को बहुत सारी सुविधाएं दी जायेंगी

उन्होंने कहा कि चांडिल डैम में इको टूरेज्म के विकास के लिए फिलहाल प्रथम चरण में छह करोड़ पचास लाख रुपए खर्च किए जाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान इस मिशन की घोषणा की थी

यह मिशन जलाशयों को पुनर्जीवित करने जल संरक्षण और गंदे पानी को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने की प्रक्रियाओं से शहरों में जल संतुलन की योजना पर केन्द्रित होगा इसके जरिए पानी को बचाकर उसके समुचित इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा मंत्रालय ने कहा है कि बीस प्रतिशत पानी की मांग को पूरा करने के लिए जल के पूनः उपयोग की व्यवस्था का विकास किया जाएगा

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी मई माह में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करेगी

यह परीक्षा दो से सत्रह मई तक चलेगी परीक्षा से ऑनलाइन संबंधित आवेदन दो फरवरी से उपलब्ध हैं इच्छुक परीक्षार्थी दो मार्च तक आवेदन कर सकते हें

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है

फ्रंट लाइन वर्करों में पुलसिकर्मी होमगार्ड सीआईएसएफ सीआरपीएफ आइटीबीपी बीएसएफ नगर निगम के कर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे राज्य के एक सौ तिरसठ केंद्रों पर टीकाकरण किया जायेगा

राज्य में अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम हो रही है

कल कोरोना से दो लोगों की मौत हो गयी

वहीं कल धनबाद जिले से सात नए कोरोना संक्रमित मरीज भी मिले हैं कोरोना से मौत होने वाला द्रसरा मरीज सिमडेगा का रहनेवाला है बोकारो जिले में कोरोना टीकाकरण की गति सुस्त होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जतायी है

मंत्रालय ने बताया कि एक करोड चार लाख से अधिक मरीज पहले ही इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं देश में लगातार कोविड मामलों में कमी हो रही है

इसी दौरान एक सौ दस रोगियों की संक्रमण से मौत हुई

सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़नेवाली सभी सड़कों को टू लेन करने का फैसला लिया है इन सभी पक्की सड़कों की चौड़ाई कम से कम दस मीटर होगी इसके अलावा सड़क के किनारे दोनों तरफ ढ़ाई ढ़ाई मीटर के फ्लैंक बनाये जायेंगे इस तरह से इन सड़कों की पूरी चौड़ाई करीब पंद्रह मीटर होगी पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने इससे संबंधित निर्देश सभी प्रमंडलों को दिये हैं उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अलग से जमीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द का जिक्र कोरोना से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते वक्त किया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फ्टपाथ द्वकानदार को और उनके परिवार को जोड़ने के लिए रांची नगर निगम की ओर से पांच और छह फरवरी को वेंडर मार्केट में कैंप लगाया जायेगा इस कैंप में योजना की जानकारी दी जायेगी और आवेदन भी लिये जायेंगे कैंप सुबह ग्यारह से शाम पांच बजे तक लगेगा

पहले अनुदान की राशि पच्चीस फीसदी थी युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सुजन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गयी है इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दर पर ऋण और अनुदान का लाभ देना है इसके साथ ही उद्यमिता विकास के लिए झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी निगम राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया लचीला बनाया जायेगा

दूर दराज के कई इलाकों से श्रद्दालु भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे थे